मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केन्द्रित महोत्सव किये जाये

यह इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी है यह नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे

केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से नवीं कक्षा की छात्रा तन्वी भोयर और उज्जैन से ओम परमार का चयन भी इस कार्यक्रम के लिए हुआ है

न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा कि वहां लगे प्रतिबंध के सभी आदेशों की एक सप्ताह के अंदर समीक्षा की जाए न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रशासन को अस्पतालों और शिक्षण केन्द्रों जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी मूल्यवान और पवित्र अधिकार है पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कारखाना छापा राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में तीन गुटखा कंपनियों के कारखानों पर जीएसटी खाद्य विभाग बिजली विभाग और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई की गई है

गुटखा कंपनियों के खिलाफ गुटखा की खुले बाजार में बिक्री करने की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं शिकायतों पर ईओडब्ल्यू ने सभी प्रकार की गोपनीय जानकारी एकत्र करने के बाद छापामार कार्रवाई की रणनीति तैयार की थी

राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में आम लोगो में यातायात के नियमो की जागरूकता लाने के लिए स्कूल महाविधालय एनसीसीएनएसएस के छात्रों विभिन्न विभागों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं की दो पहिया वाहन रैली निकाली जायेगी सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा भाजपा सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इन दिनों जनजागरण अभियान चला रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पार्टी द्वारा इस कानून के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया वहीं कल शहर में एक रैली निकाली जायेगी शिवपुरी में भी कल रैली के माध्यम से इस कानून की जानकारी दी जायेगी आगरमालवा में भी आज सीएए के समर्थन में जुलूस निकाला गया जिसमें पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य शामिल हुए अनूपपुर जिले में भी कई संगठनों ने इस काननू का समर्थन किया उधर निवाड़ी में आज प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें नागरिकता संशोधन कानून की सच्चाई से अवगत कराया गया

सभी संस्कृतियों में आपसी मेल जोल हो इसके लिए उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों पर केन्द्रित महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई भारत भवन प्रबंधन की बैठक में उन्होंने यह बात कही श्री नाथ ने कहा कि भारत भवन से लगी भूमि पर कला ग्राम बनाया जाएगा

आज अशोकनगर में उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है वहीं उनके इस पत्र के जवाब में प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि श्री चौहान शराब को लेकर नौटंकी व राजनीति कर रहे हैं

ये घोषणा प्रदेष के नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र बघेल ने हातोद तहसील के ग्राम पाल कांकरिया में नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना का षुभारंभ करते हुए कही मौसम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फवारी और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश शहर शीतलहर और कोहरे की गिरफ्त में हैं बर्फीली हवाओं से भोपाल सहित नौ शहर श्योपुर सागर दतिया शाजापुर नरसिंहपुर धार खरगोन और टीकमगढ़ शीतलहर की चपेट में है

अनुपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में ठंड से बचने के लिए अधिकांश लोग दिन भर घरों में दुबके रहे

उधर श्योपुर जिले में भी शीतल हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं खंडवा मंदसौर सीहोर भिंड मुरैना श्योपुर और ग्वालियर में भी कड़ाके ठंड पड़ रही है गुना जिले में भी न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

भोपाल में पारा और लुढ़क सकता है

क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज पुणे में खेला जा रहा है टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है

खेलो इंडिया असम के गुवाहाटी में युवा खेल प्रतियोगिता खेलो इंडिया का उद्घाटन समारोह चल रहा है राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन खेलों का उद्घाटन किया इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं इन खेलों में कुल छह हजार पांच सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं